प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहंच रहा है आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्मर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्प्रिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेथ्न तेजस को कलाबाजियाँ खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समुद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुँचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तमी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे बिहार में बेतिया के प्रमोद का उदाहरण देते हए श्री मोदी ने बताया कि वे दिल्ली में एलईडी बल्ब बनाने वाले एक कारखाने में तकनीशियन थे लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा प्रमोद ने अपने घर में एलईडी बल्ब बनाने की छोटी सी ईकाई लगाई और कृछ ही महीनों में फैक्ट्री मालिक बनकर कई नौजवानों को रोजगार देने लगे प्रधानमंत्री ने प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर के संतोष का भी जिक्र करते हए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जब सब कुछ ठप हो गया था तो संतोष और उनके परिवार ने चटाई बनाने के अपने पृश्तैनी हनर का इस्तेमाल करना श्रू किया आज उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी चटाई बनाने के काम मिलने लगा है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के किसानों ने चिया सीड्स की खेती करके इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की चुनौती स्वीकार कर ली है बाराबकी जिले के हरिश्चन्द्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे हेल्थ एवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं तेकिन अब विया सीड़स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उता रहे हैं ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड़स की खेती शुरू की है चिया सीड़स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी साथियो एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देशभर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है

हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे गांवो में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जलस्त्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पायेंगे श्री मोदी ने प्रदेश की आराध्या के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में लाखों लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा पानी की कमी को दूर करने में बिताते हैं प्रधानमंत्री ने स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया आने वाले कुछ महीने आप सब के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं अधिकतर युवा साथियों के एग्जााम्स परिक्षाए होंगी आर्प सब को याद है ना वॉरियर बनना है वरियर नहीं हँसते हुए एग्जा म देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है किसी और से नहीं अपने आप से ही स्पर्धा करनी है पर्योप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट मी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं यानी कूल मिलाकर इन एग्जा म्सज में अपने बेस्टी को बाहर लाना है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं करने का भी आग्रह किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक गाइड द्वारा भेजे गए क्लिप को साझा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे संस्कृत में सरदार पटेल के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं माघ के महीने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का महीना है उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के दिन संत श्री रविदास जी की जयंती मनाई गई उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किये और लोगों को सही रास्ता दिखाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोलापूर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने सचल चिकित्सा इकाई वाहनों फागिंग मशीन वाहनों और एन्टी लार्वा स्प्रे टीमों को हरी झण्डी दिखाकर गॉवों के लिए रवाना किया प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एक मार्च से इकत्तीस मार्च तक चलाया जायेगा अभियान का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और उनका त्वरित और सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को मात देने के बाद राज्य सरकार मस्तिष्क ज्वर और संचारी रोगों के खिलाफ नया अभियान शुरू कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश बह्त जल्द संचारी रोगों से मुक्त होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अगले चरण में साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त पेंतालिस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केन्द्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी को विन टू पोर्टल पर कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आज सुबह नौ बजे से वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट कोविन डाट जीओवी डाट इन पर शुरू हो जाएगा प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति टीका दो सौ पचास रूपये ले सकेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना टीकाकरण केन्द्र के रूप में उपयोग कर सकेंगी

सभी स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी

क्लास में एक बार फिर हल्लागुल्ला होगा और मासूम निगाहें एक अरसे के बाद नजर आने वाले दोस्तों की तलाश करेगी शिक्षा विभाग ने भी छात्रों के शानदार स्वागत के लिए तैयारियां की हैं स्वागत पोस्टरों गुब्बारों और फूलों के साथ सजे स्कूल मानो किसी त्योहार के लिए तैयार हुए हों बैंड बाजे और मिताई और तिलक के साथ बच्चों का स्वागत स्कूल के गेट पर खुद अध्यापक करेंगे लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह नहीं होगा सबसे खास अंतर यह होगा कि क्लासरूम और बसों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा और बच्चे जहां एक और मास्क पहने रहेंगे वहीं दूसरी और बार बार हाथ धुलने उनके शरीर के तापमान की जांच करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के के नियमों का अधिकतम पालन सुनिश्चित करने की तैयारी रहेगी यानी कि नो टिफिन रोयरिंग और पेन पेंसिल या कॉपी किताब की अदला बदली भी होगी बंद सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के मात्र सौ मामले सामने आये हैं वहीं एक सौ तैतालिस लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं